नेपाल में अगले चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण के मामले अड़सठ हजार के पार

और देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ आज

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और सुरक्षा बांधों में टूट के कारण कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं राज्य के सोलह जिलों में लगभग सत्तर लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं एक सौ चौबीस प्रखंडों में ग्यारह सौ पचासी पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई है इधर नेपाल में अगले चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है जिससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने की आशंका है वाल्मीकिनगर गंडक बराज से कल देर रात डेढ़ लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है इसके चलते तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है दरभंगा मुजफ्फरपुर सारण पूर्वी चम्पारण सहरसा समस्तीपुर और मधुबनी जिले बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं जबकि समस्तीपुर और खगड़िया जिले में नदियों के उफान और तेज कटाव के कारण कई नये क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गये हैं इधर बाढ़ प्रभावित उत्तर बिहार के कई जिलों में पावर सब स्टेशन और बिजली की ग्रिड इकाईयों में पानी प्रवेश कर जाने से बिजली की आपूर्ति ठप हो गयी है सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवश्यक सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है दरभंगा जिले के उन्नीस लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिये गये हैं बाढ़ पीड़ित परिवारों के खातों में छह छह हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि भेजी जा रही है

राहत और बचाव कार्य के लिए जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दो टीम लगायी गयी है इधर गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और कई स्थानों पर बांधों के ट्रटने से सारण प्रमंडल क्षेत्र में तीन जिले गोपालगंज सारण और सीवान में लगभग ग्यारह लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं गोपालगंज जिले में दो सौ गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है बड़े पैमाने पर यहां सड़के क्षतिग्रस्त हुई हैं सारण जिले में छपरा मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात सौ बाईस के ऊपर से अब भी पानी का तेज बहाव हो रहा है जिले के गरखा और अमनौर प्रखंड में नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक नदी में उफान के कारण सुरक्षा बांधों पर तेजी से कटाव हो रहा है वहीं जिले के गनगौर प्रखंड में चंदपुरा बांध पर कटाव को रोक दिया गया है जिले में एक लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं इधर बाढ़ के कारण समस्तीपूर दरभंगा रेलखंड पर अगले आदेश तक ट्रेनों का परिचालन स्थगित रहेगा कोसी क्षेत्र में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है सुपौल जिले में कई तटबंधों पर पानी का दबाव बना हुआ है जिले के पांच प्रखंड में एक लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं वहीं सहरसा जिले में तैंतीस पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिहार के बाढ़ पीडितों के लिए मेडिसिन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इसके लिए दिल्ली के जोरबाग स्थित ठाकुरद्वारा ट्रस्ट ने पन्द्रह लाख रुपए की दवाएं उपलब्ध कराई हैं बाढ़ पीडितों की सहायता के लिए लगभग दो हजार स्वैच्छिक कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं प्रदेश की प्रमुख नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है हालांकि जलस्तर में कमी दर्ज की गयी है बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर है वहीं समस्तीपुर के रोसड़ा में नदी का जलस्तर लाल निशान से चार मीटर ऊपर बना हुआ है खगड़िया में भी नदी खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है बागमती नदी मुजफ्फरपुर के रून्नीसैदपुर में लाल निशान से दो मीटर ऊपर पहुंच गयी है नदी दरभंगा के हायाघाट में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल और एकमी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर हैं हालांकि सीतामढ़ी के सोनबरसा में नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गयी है कोसी नदी का जलस्तर भी सुपौल खगड़िया और कटिहार में घटा है या फिर स्थिर बना हुआ है अररिया में परमान नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गयी है हालांकि यह खतरे के निशान से लगभग डेढ़ मीटर नीचे बह रही है पटना के गांधी घाट हाथीदह और मुंगेर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है इन स्थानों पर नदी खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान वज्रपात की आशंका को देखते हुये लोगों से सतर्क रहने की अपील की गयी है राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के बारे में सम्मेलन के अंतर्गत उदघाटन भाषण देंगे इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस के जरिये किया जा रहा है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस के अंतर्गत शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को समर्पित सत्र आयोजित किये जाएंगे इनमें समग्र शिक्षा बहुविषयीय और भावी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिकी का समान उपयोग जैसे विषय शामिल हैं देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन यानी किसान रेल आज से शुरू हो रही है यह रेलगाडी आज सुबह ग्यारह बजे महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी किसान रेल फल और सब्जियों की ढुलाई करेगी इसके अलावा यह रेलगाड़ी सामान उतारने और लदान के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रूकेगी किसान रेल में फ्रोजन कंटेनर लगे होंगे जिनसे मछली मांस और दूध सहित खराब होने वाले उत्पाद को विभिन्न बाजारों तक भेजने में मदद मिलेगी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यह ट्रेन आज से अट्ठाईस अगस्त तक प्रत्येक शुक्रवार को देवलाली से दानापुर के लिए खुलेगी जबकि वापसी में नौ अगस्त से तीस अगस्त तक प्रत्येक रविवार को दानापुर से देवलाली के लिए प्रस्थान करेगी प्रदेश में कोविड उन्नीस के तीन हजार चार सौ सोलह नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की संख्या बढ़कर अड़सठ हजार एक सौ अड़तालीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक छह सौ तीन मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं कटिहार से दो सौ चौंतीस पूर्वी चंपारण से एक सौ नब्बे वैशाली से एक सौ तिरसठ समस्तीपुर से एक सौ उनतालीस भागलपुर से एक सौ अठाईस मुजफ्फरपुर से एक सौ अठारह रोहतास से एक सौ छह नालंदा से एक सौ दो और सहरसा से एक सौ एक नये मामलों की प्रष्टि हुई है सारण से चौरानवे बक्सर और सीवान से बानवे बानवे भोजपुर से नब्बे पश्चिमी चंपारण से नवासी पूर्णिया से अस्सी अररिया और गया से सतहत्तर सतहत्तर तथा मधुबनी से पचहत्तर मामले पॉजिटिव पाये गये हैं पिछले चौबीस घंटों में एक हजार चार सौ पचास लोगों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर तैंतालीस हजार आठ सौ बीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौंसठ दशमलव तीन प्रतिशत है वहीं एक दिन में उन्नीस लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर तीन सौ अठासी हो गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस के सैम्पल जांच में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है एक दिन में कोविड उन्नीस के साठ हजार दो सौ चौवन नमूनों की जांच की गयी एक दिन में अब तक का यह सर्वाधिक आंकड़ा है राज्य सरकार ने कहा है कि सैम्पल जांच की संख्या और बढ़ायी जायेगी इससे पहले प्रतिदिन दस हजार से बीस हजार नमूनों की जांच हो रही थी राज्य में अब तक लगभग आठ लाख नमूनों की जांच हो चुकी है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस से बचाव में सुरक्षित दूरी के बनाना काफी महत्वपूर्ण है बाइट जब तक हमारे पास उनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रीकॉश्नरी मेजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस के ज्यादतर मामलों में संक्रमण सीमित है और बहुत ही कम मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराने की आवश्यकता पडती है बाइट अस्सी प्रतिशत में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं

पांच पर्सेंट या उससे कम वाले हैं जोकि दाखिल होना पड़ता है और अब चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह श्रृंखला के अन्तर्गत प्रस्तुत है महिलाओं के कल्याण के प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की नीति में शासकीय व्यवस्था और कार्यसूची में महिलाओं की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है बाईट पिछले साल सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को संसद से पास करावा कर तीन तलाक जैसी कुप्रथा को गैर कानूनी बनाया बालिकाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से उनके खिलाफ होने वाले यौन हिंसा के लिए भी सख्त कानून बनाया

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के व्यापक कार्यान्वयन से अब महिलाओं को रसोई के धुंए से मुक्ति मिली है साथ ही वेटी बचाओ बेटी पढाओ जैसे जागरूकता कार्यक्रम ने लड़कियों के जीवन बचाने उनकी बेहतर शिक्षा और उन्हें सबल नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई है दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना के दानापुर थाना में पदस्थापित एक सहायक अवर निरीक्षक सीताराम यादव को तीस हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है वह एक मामले में जांच रिपोर्ट लिखने के लिए घूस की रकम ले रहा था बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में एक या दो विषय में फेल विद्यार्थियों को ग्रेस अंक देकर उत्तीर्ण कर दिया है इसमें मैट्रिक के एक लाख इकतालीस हजार छह सौ सतहत्तर और इंटर के बहत्तर हजार छह सौ दस विद्यार्थी शामिल हैं छात्र बोर्ड की वेबसाईट ऑन लाईन बी एस ई बी डॉट इन पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं इधर बोर्ड द्वारा इंटर नामांकन के लिए प्रथम चयन सूची आज जारी करेगी प्रथम सूची में आए छात्रों को बारह अगस्त तक नामांकन लेना अनिवार्य है कोरोना महामारी के कारण राजधानी पटना के कई कॉलेजों में ऑनलाईन नामांकन होगी वहीं स्कूलों में ऑफलाईन नामांकन लिया जायेगा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 हिन्दुस्तान ने बाढ़ से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी आपदा पीड़ितों की मदद के बारे में अखबार ने शीर्षक लगाया है साढ़े चार लाख बाढ़ पीड़ितों के खाते में छह छह हजार रूपये दैनिक भास्कर की सुर्खी है एक दिन में रिकॉर्ड साठ हजार दो सौ चौवन कोरोना जांच सैम्पल की संख्या बढ़ाने पर जोर वहीं दैनिक जागरण चीन की घुसपेठ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार की सुर्खी है चीन ने किया था एलएसी का उल्लंघन प्रभात खबर ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच शुरू होने को प्रमुख खबर बनाया है अखबार की सुर्खी है सीबीआई ने छह पर दर्ज की प्राथमिकी बनाई एसआईटी दैनिक आज ने ग्रेस मार्क्स से पास हुये इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार लिखता है ग्रेस से इंटर मैट्रिक के दो लाख चौदह हजार दो सौ सतासी बच्चे हुये पास और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं

नेपाल में अगले चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण के मामले अड़सठ हजार के पार

और देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ आज